इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हई टेलीविजन पर दिये संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकज्ट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग लिंग धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतर से ऊपर है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और स्रक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारा श्वसनतंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मज़ब्त होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से प्रे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की

गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जारी किए गए बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अन्राग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे ख्द चीन के अतीत की स्थिति के अन्रूप नहीं हैं उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा एल ए सी की पूरी जानकारी है उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कभी कोई उल्लंघन नहीं किया

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी ब्लेटिन के अन्सार शनिवार शाम तक लैब परीक्षण के लिए क्ल अद्वारह हजार पाच सौ इक्कीस नमूने एकत्र किए गए हैं जिनमें से सौलह हजार आठ सौ सत्ताइस निगेटिव और एक हजार पाच सौ बीस के परिणाम अभी आना बाकी है

इस दौरान सूर्य दहकती आग के गोल छल्ले की तरह दिखाई देता है देश के विभिन्न भागों में सूर्य की इस आकृति का नजारा किया गया सूर्यग्रहण ऐसे समय में हो रहा है जब आज इस वर्ष का सबसे लम्बा दिन है यह द्र्लभ खगोलीय घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है क्छ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है

इस पैकेज के सूचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों दवारा सतत निगरानी रखी जार ही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बयालिस करोड़ से अधिक निर्धनों को पैंसठ हजार चार सौ चौवन करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है

उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छ्क छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिये अभ्यास कर सकते हैं केनद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ऐप जारी किया इसके जरिये छात्र अपने घरों में सुरक्षित रह कर जेईई मैन और एनईईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं